कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसानों को यूरिया की कमी नहीं होने दी जायेगी

यह निर्णय मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई आज हुई राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में लिया गया बैठक में कई अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई सरकार का मानना है कि इस फैसले से किसानों की हजारों एकड़ जमीन वापस होगी

इन सभी में जमीन किसानों को वापस की जाएगी

बैठक में उद्योगों को जमीन रियायती दर पर देने सहित कई सुविधाएं देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है इस बारे में जानकारी देते हुए जनसंपर्क मंत्री पी सी शर्मा ने बताया कि बैठक में करीब दो दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई

सरकार ने अतिथि विद्वानों को लेकर बड़ा फैसला लिया है मंत्रिमण्डल ने तय किया है कि किसी भी अतिथि विद्वान को सेवा से बाहर नहीं किया जाएगा सचिन उर्वरक कृषि मंत्री सचिन यादव ने कहा है कि प्रदेश में यूरिया की कमी नहीं आने दी जायेगी श्री यादव ने आज भोपाल में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्रीय उर्वरक मंत्री से फोन पर चर्चा की है उन्होंने आश्वस्त किया है कि प्रदेश में यूरिया की कमी नहीं आने दी जायेगी श्री यादव ने कहा कि हमे उम्मीद है कि दो लाख मीट्रिक टन यूरिया प्रदेश को अतिरिक्त मिलने की संभावना है जिससे दिसंबर माह में यूरिया का आवंटन की आपूर्ति सुचारू रूप से हो सकेगी कैब सदन नागरिकता संशोधन विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा चल रही है आज राज्यसभा में विधेयक पेश करते हए केन्द्रीय गह मंत्री अमित शाह ने कहा कि समृदाय विशेष को चिन्ता करने की जरूरत नहीं है देश के नागरिक के रूप में उनको प्राप्त अधिकार उन्हें मिलते रहेंगे

उधर आज शिवसेना ने कहा है कि अगर सरकार राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक के बारे में शंकाओं को स्पष्ट नहीं करती तो वह अपने समर्थन के बारे में पुनर्विचार करेगी वहीं भाजपा ने अपने राज्यसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया कांग्रेस ने लोकसभा में इस ैविधेयक पर पुरजोर तरीके से विरोध करने का फैसला किया है

श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने सदन में बताया कि यह संहिता वर्तमान श्रम कानूनों की संख्या को कम करने के बारे में है उन्होंने कहा कि इसे बनाने से पहले व्यापक विचार विमर्श किया गया है श्री गंगवार ने कहा कि इस संहिता से सामाजिक सुरक्षा के मौजूदा नियमों की जटिलताएं समाप्त हो जायेंगी आर एस पी पार्टी के एन के प्रेमचन्द्रन ने संहिता का विरोध करते हुए कहा कि इससे कामगारों के मौजूदा सुविधाओं में कटौती होगी तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने कहा कि किसी भी केन्द्रीय कर्मचारी संघ ने इस सेहिता की मांग नही की है

आधिकारिक जानकारी के अनुसार राज्य ने वैश्विक जलवायू परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के साथ वन वन्य प्राणी संरक्षण और वनवासियों के उत्थान के प्रयास भी शुरू कर दिये गये हैं प्रदेश के तीन टाइगर रिजर्व पेंच कान्हा और सतपुड़ा देश में प्रबंधकीय दक्षता में प्रथम तीन स्थान पर हैं साथ ही मध्यप्रदेश दूरिज्म बोर्ड द्वारा पर्यटनस्थलों पर सुविधाओं और सेवाओं के लिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को पर्यटको के सबसे अनुकूल राष्ट्रीय उद्यान का पुरस्कार मिला है वन पर्यटन पर जोर देते हुए वन्य प्राणी संबंधी निर्णयों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है

प्रक्षेपण यान के साथ इजराइल इटली जापान और अमरीका के नौ उपमोक्ता उपग्रह भी प्रक्षेपित किए गए हैं इनका प्रक्षेपण न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ व्यावसायिक समझौते के अंतर्गत किया गया है

सप्ताह के दौरान राजधानी भोपाल सहित सभी स्थानों पर बिजली बचत को लेकर लोगों को जागरुक किया जायेगा इसके लिए कंपनी के कार्यक्षेत्र के सभी क्षेत्रीय और संभाग तथा विद्युत वितरण केन्द्रों पर लोगों को बिजली बचत की शपथ दिलाई जायेगी स्कूली विद्यार्थियों द्वारा ऊर्जा संरक्षण विषय पर चित्रकला प्रतियोगितायें भी आयोजित की जायेगीं

एकलव्य खेल भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियाम में खेले जा रहे एकलव्य राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे दिन प्रदेश के पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दोहरे स्वर्णपदक हासिल किये हैं